मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी शामिल थे बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव अरूण सिंह ने बताया कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के उदघाटन सत्र को संबोधित किया श्री सिंह ने बताया कि इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि कानूनों तथा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने आवास पर जेई टीकाकरण अभियान तथा सघन मिशन इन्द्र धनुष के तृतीय चरण का शुभारंभ किया उन्होंने इस अवसर पर ई कवच मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच किया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाने तथा उपचार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन्होंने कहा कि पिछले चार वषां में प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में शौचालयों के निर्माण से भी इस बीमारी पर नियंत्रण पाने में हमें सफलता मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के समय से टीकाकरण से विभिन्न बीमारियों से बचाव संभव है इससे शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है इस संबंध में व्यापक जागरूकता आवश्यक है उन्होंने कहा कि ई कवच मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से जेई टीकाकरण से छूटे बच्चों को चिन्हित कर टीकाकरण करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सूदृढ़ बनाने के लिए टेलीमेडिसिन तथा टेलीकंसलटेशन का भी उपयोग किया जाये कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने कहा कि खुशहाल परिवार दिवस के अवसर पर प्रत्येक माह की इक्कीस तारीख को नव दम्पत्तियों को उनके स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जागरूक किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों पर पच्चीस हजार से अधिक पुल और पुलियों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण के लिए महाभियान का आज शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नहरों पर लगभग सत्तर हजार से अधिक पुल और पुलिया निर्मित हैं इनमें से इक्कीस हजार पांच सो बयालीस पल पुलियों का जीर्णोद्वार तथा तीन हजार से अधिक पुल पुलियों का पुनर्निमाण किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरयू नहर परियोजना मध्य गंगा नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि विगत वर्षो में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और किसानों के हित में नहरों पर पुल पुलियों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हुनर हाट देशभर के स्वदेशी कलाकारों और शिल्पकारों को एक मंच पर आने का मौका देती है उन्होंने कहा कि यह हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प की विशेष तौर पर देश की सांस्कृतिक कलाकारी की सुंदर प्रदर्शनी है रक्षा मंत्री ने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है जो आत्मनिभर भारत का आधार है उन्होंने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाती है इससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पिछले वर्ष स्थानीय खिलौनों को बढ़ावा देने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्ध परंपरा का उल्लेख किया था इससे प्रेरणा लेकर वाराणसी के खिलौना निर्माता वर्चुअल भारत खिलौना मेला इंडियन टॉय फेयर में अपने खूबसूरत खिलौनों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं

काशी के खिलौना उद्योग के लिए उनके लंबे संघर्ष के परिणाम धीरे धीरे नजर आ रहे हैं

अपने सिल्क के लिए मशहूर वाराणसी में खिलौनों के निर्माण का बहुत पुराना इतिहास है और कभी यहां पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलौने बनाए जाते थे

बहुत ही बढ़िया है

इसमें जो है भागीदारी हो रही है

वाराणसी में उद्योग विभाग में संयुक्त निदेशक उमेश सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस मेले से इस क्षेत्र की पारंपरिक कला को संजोने में मदद मिलेगी वाराणसी के खिलौने और साज सज्जा के सामान को जी आई टैग भी मिला है और यह एक ही लकड़ी से तैयार किए जाते हैं काशी के कारीगरों को उम्मीद है कि इस मेले से उन्हें पूरी दुनिया को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में अब तक एक करोड सात लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है

प्रदेश सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तथा निःशुल्क शिक्षा आवास एवं भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है राज्य के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जायेगा तथा यहां सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा दी जायेगी

प्रत्येक विद्यालय में रहने खाने एवं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की व्यवस्था की जायेगी इन विद्यालयों का निर्माण बारह से पन्द्रह एकड़ भूमि पर कराया जायेगा तथा विद्यालयों का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जायेगा प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब और असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की शल्य चिकित्सा के लिए दो करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति मंजूर की है इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार दिव्यांगजनों की दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत यह सहायता राशि स्वीकृत की गई है योजना का लाभ पाने के लिए जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी कार्यालय तथा निदेशालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है

इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना नई दिल्ली में आज इस अवसर पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा कि भारत की भाषायी विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है उन्होंने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर देते हुए कहा कि मातृभाषा का उपयोग शासन व्यवस्था में भी किया जाना चाहिए प्रदेश में अन्तराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर विभिन्न शिक्षण और भाषाई संस्थानों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने कहा कि मात्रभाषा के संवर्द्वन में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि अनुवाद की योजना पर काम जमीनी स्तर पर हो तभी मातृभाषा का विस्तार हो सकता है